मुख्यमंत्री राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जन संवाद सदन स्थापित करेगी ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में जन संवाद कक्ष के शुभारंभ अवसर पर कही उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए अन्य जिला मुख्यालयों में भी इस प्रकार के सदनों को बनाने के प्रयास किए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलने के लिए उपयुक्त स्थान की कमी के चलते लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था

ऊना में नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा आत्मनिर्भर गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों को जी जान से मेहनत करने होगी वीरेंद्र कंवर ने कहा पंचायतों के पास विकास के लिए अब धन की कोई कमी नहीं है उन्होंने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहंचाने की जरूरत पर बल दिया इस अवसर पर छठें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार मुक्त विकास का प्रण लेना होगा साथ ही नशे की रोकथाम की दिशा में भी कार्य करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी को इस सामाजिक कुरीति से बचाया जा सके

कांगड़ा जिला के परागप्र में आज नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करते हुए उन्होंने एक्ट और नियमों के अधीन कार्य करने का सुझाव दिया उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण प्रदान करेगा

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकतर नगर परिषद नगर पंचायत बीडीसी और जिला परिषद में कांग्रेस समर्थित लोग चुनकर आए हैं उन्होंने भाजपा को चुनौती दी की वो इन चुनावों में खड़े अपने उम्मीदवारों की उस सूची को जारी करे जिसे उन्होंने अधिकृत तौर पर जारी किया था राठौर ने बताया कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर को शिमला जिला परिषद चुनावों के लिए पार्टी पर्यवेक्षक बनाया गया है उन्होंने कहा कि जिले के कांग्रेस विधायकों व चुने हुए जिला परिषद सदस्यों से विचार विमर्श के बाद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा

एक संदेश में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों पर बड़ी जिम्मेदारी है उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नव निर्वाचित सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे

इसी कड़ी में जनजातीय विकास मंत्री राम लाल मारकंडा ने आज क्वारिंग में प्रोग्रेसिव यूथ क्लब के युवाओं द्वारा बनाए गए इग्लू हाउस का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण और उत्सवों को पहचान दिलाने के लिए स्नो फैस्टिवल का आयोजन किया गया है उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे

प्रोग्रेसिव यूथ क्लब के उपाध्यक्ष तेनजिंग मिंगयूर ने कहा कि इग्लू हाउस का मॉडल लाहौल में एक नए स्टार्ट अप के रूप में शुरू किया गया है

मुख्य सचिव अनिल खाची ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों की प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में जानकारी हासिल की मुख्य सचिव ने प्रस्तावित कार्य योजना के कियान्वयन के लिए टीमें गठित कर उनकी ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने वर्षभर विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का उपयुक्त प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए